सिनेमा और मनोरंजन उद्योग को बड़ी राहत देते हुए केन्द्र सरकार ने कल से सिनेमा हॉल को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दे दी है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

मोदी मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी से निपटने के भारत के प्रयासों और टीकाकरण कार्यक्रम ने दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि यह गर्व की बात है

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बना टीका देश की आत्मनिर्भरता और आत्म गौरव का प्रतीक है श्री मोदी ने कहा कि उन्हें कई देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से ऐसे संदेश मिलते हैं जिनमें इसके लिए भारत की प्रशंसा की जाती है

प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अपने साथ साथ दुनिया की भी जरूरतें पूरी करने में सक्षम हो रहा है

उन्होंने कहा कि यह हमारे उन महानायकों से जुडी सभी जगहों का पता लगाने का बेहतरीन समय है जिनकी वजह से हमें आजादी मिली

आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद मुख्यमंत्री त्रियेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री हम सभी के अभिभावक है और उनके मन की बात हम सभी के दिलों को छूती है

आज हमें नयी आशा और उत्साह के साथ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को आगे ले जाना है जिसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने वोकल फॉर लोकल को अपना इस वर्ष का संकल्प बनाया है इस बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने रेडियो और द्रदर्शन के माध्यम से प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी

केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि महामारी के बाद सामान्य स्थिति की ओर लौटने की दिशा में यह राहत महत्वपूर्ण कदम है मानक संचालन प्रक्रिया में सिनेमा हॉल ऑपरेटरों से ऑडिटोरियम कॉमन एरिया प्रतीक्षा क्षेत्रों में हर समय कम से कम छह फीट की पर्याप्त सुरक्षित दूरी बनाये रखने के साथ ही अन्य उपाय करने को कहा गया है

शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी उन्होंने बताया कि राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर उसके विक्रय विपणन उत्पादन प्रयोग आदि को प्रतिबंधित किये जाने के संबंध में नियम बनाये गये है राज्य में सभी तरह के प्लास्टिक कैरी बैग प्रतिबंधित रहेंगे और यह सभी तरह के डिस्पोजल आइटमों पर भी लागू होगा

आबकारी नीति में संशोधन के तहत अब शराब दुकानों का आंवटन दो बर्ष के लिए ई टेंडरिंग के माध्यम से किया जायेगा

यह सभी वाहन सवार श्रीनगर से ऋषिकेश जा रहे थे हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुॅच गये

इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रबुद्ध भारत एक साधारण पत्रिका नही अपितु स्वामी विवेकानंद की एक अदभुत सिद्धि है जिसने भारत के आत्म चौतन्य को प्रकट किया है उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद ने भारत को पुनः गठित करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी

गौरतलब है कि प्रबुद्ध भारत पत्रिका को भारत के साथ ही विदेशों में भी भारतीय संस्कृति अध्यात्म दर्शन इतिहास कला सहित सामाजिक मुद्दों के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो को खुराक पिलाकर इस अभियान की शुरूआत की यह दिन पोलियो रविवार के नाम से भी जाना जाता है

प्रदेश में भी पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर इस अभियान की शुरूआत की गयी मौसम राज्य के मैदानी क्षेत्रों में कोहरा परेशान कर सकता है राज्य मौसम विज्ञान केंद्र ने मैदानी क्षेत्रों के कुछ भागों में विशेषकर हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिलों में आज मध्यम से घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है कोहरे के कारण विजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है होम स्टे टिहरी बांध की झील के समीप बसे तिवाड़ गांव होम स्टे के क्षेत्र में हब के रूप में उभर रहा है ग्रामीणों ने होम स्टे योजना का लाभ उठाया है इसके बाद गांव से पलायन पर रोक लगी है और ग्रामीणों को रोजगार भी मुहैया हो रहा है ग्रामीण अपनी खेती बाड़ी और पशुपालन कर अपने को आत्मनिर्भर बना रहे हैं गांव में शासन द्वारा चलाई जा रही होमस्टे योजना के तहत एक दर्जन से अधिक लोगों ने अपने पुराने मकानों को होमस्टे के लिए पंजीकृत किया है ग्रामीण सुमित्रा पंवार कहती हैं कि उन्होंने सबसे पहले गांव में अपने घर का पंजीकरण होम स्टे के लिए करवाया और उसके दोनों बेटे वह वह स्वयं घर में बैठकर प्रतिदिन एक हजार से दो हजार कमा लेती हैं